आज देहरादून में पहले उत्तराखंड निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश बड़े बदलाव के दौर से गूजर रहा है उन्होंने कहा कि सरकार ने कर व्यवस्था में सूधार किया है ताकि वह अधिक आसान और पारदर्शी बन सके आज करोबार आसान हुआ है बैंकिंग सिस्टम को भी ताकत भिली है जीएसटो के तौर पर भारत ने स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ा टैक्स रिफोम किया है जीएसटौ ने देश को सिंगल मार्केट में बदल दिया है और टैक्स वेत्थ बढ़ाने में भी बहत बड़ी मदद की है हमारा इफ्रास्टक्वर सेवटर भी रिकॉर्ड गति से आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि दीवाला और शोधन अक्षमता संहिता के कारण अब कारोबार करना अधिक आसान हो गया है और बैंकिंग प्रणाली भी मजबूत हुई है उन्होंने यह भी कहा कि देश का राजकोषीय घाटा कम हुआ है श्री मोदी ने कहा कि सरकार चार सौ रेलवे स्टेशनों के आध्रनिकीकरण और सौ नये हवाई अड्डे तथा हेलीपैड बनाने की दिशा में अग्रसर है प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के कारण चिकित्सा के क्षेत्र में निवेश के अवसर काफी बढ़े हैं कुल मिलाकर देखें तो आज ये कहा जा सकता है कि चौतरफा परिवर्तन के इस दौर में देश विदेश के निवेशकों के लिए भारत में सर्वोत्तम माहौल बना हुआ है अभी हाल ही में शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना की वजह से भी मेडिकल सेक्टर में निवेश की बहत बेड़ी संभावना बढ़ी है

उन्होंने सबसे कृषि में अधिक निवेश करने की अपील की उत्तराखंड का भविष्य स्वर्णिम है मैं आप सभी से एग्री कल्वर में एग्री बिजनेस में निवेश और बनाने का विशेष आग्रह करूंगा एग्री कल्वर में होने वाला वेल्यवेडिशन किसानों की आय को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी बनने की दिशा में अग्रसर है उन्होंने कहा कि वर्ष दो हजार तीस तक हमारी चालीस प्रतिशत ऊर्जा गैर जीवाष्मीय ईंधन से प्राप्त होगी और वर्ष दो हजार बाइस तक एक सौ पछत्तर गीगावॉट हरित ऊर्जा का उत्पादन होने लगेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा मंत्र एक विश्व एक सूर्य और एक ग्रिड का है

मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अभी से आवश्यक कदम उठाने होंग श्री योगी ने आज लखनऊ में अपने आवास पर बुन्देलखण्ड में पेयजल योजनाओं के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण को देखते हुए यह बात कही श्री योगी ने कहा कि गंगा और यमुना नदी की अविरलता बनाये रखने तथा इनमें प्रच्रर मात्रा में जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इन पर जल आपूर्ति के लिए निर्भरता कम करनी होगी

इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बलरामपुर जनपद के विकास के लिए केन्द्र सरकार लगातार कार्य कर रही है

उन्होंने कहा कि जीने की इच्छाशक्ति सही समय पर जाँच परिवार का साथ और नियमित दवा से कैंसर पर काबू पाया जा सकता है श्री नाईक ने आज लखनऊ में किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं यू पी एथलेटिक्स एसोसियेशन द्वारा आयोजित पिंक हाफ मैराथन के समापन प्रस्कार वितरण समारोह में ये बात कही राज्यपाल ने कहा कि विज्ञान ने बहुत प्रगति की है वैज्ञानिक नये नये अनुसंधान के माध्यम से रोग पर विजय प्राप्त करने के लिये प्रयास कर रह हैं उन्होंने कहा कि राजधानी लखनऊ में आयोजित विज्ञान महोत्सव वैज्ञानिक प्रगति का आईना है उन्होंने स्तन कैंसर जागरूकता के लिय हाफ मैराथन आयोजन की सराहना की

उन्होंने कहा कि शांति के लिए समर्पित आरएएफ ने देश में ही नहीं दुनिया के सामने अपनी कार्य पद्धति से देश का नाम रोशन किया है यह कार्य बल शांति के साथ साथ पर्यावरण के लिये भी अच्छा काम कर रहा है गृहमंत्री ने कहा कि इस बल की समस्यायें और चुनौतिया बहुत हैं लेकिन हमारी सरकार ने उनकी कई समस्याओं का निराकरण किया है उन्होंने कहा कि किसी की जान की कोई कीमत तो नहीं तय की जा सकती है लेकिन हमारी सरकार के प्रयास से शहीद के परिवारों को एक करोड़ या उससे अधिक की धनराशि दी जा रही है यही नहीं बटालियन में परिवारों को रखने के लिये आवास बनाये जा रहे हैं तथा जवानों की बेटियों की शादी में भी मदद की जा रही है

महोत्सव में तीन हजार चार सौ पचास बच्चों ने एक घंटा पन्द्रह मिनट चादह सेकेण्ड में एक साथ प्राथमिक उपचार दिये जाने की ट्रेनिंग लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड अपने नाम कर लिया इससे पहले कल महोत्सव में पाँच सौ पचास विद्यार्थियों ने केले के डीएनए को इकसठ मिनट में अलग कर गिनीज ब्क ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड अपने नाम किया था महोत्सव में रोज बड़ी संख्या में लोग आ रहे है महोत्सव का उद्घाटन कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने किया था